उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इनके विकास के लिए कई उपाय कर रही है और सुधार ला रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के जरिए यह क्षेत्र फल फल रहा है

इसका उद्देश्य लोगों की आकांक्षाओं और युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना युवाओं व महिलाओं में उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करने के लिए है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस योजना के लाभांवितों में बड़ी संख्या महिलाओं अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं की है जो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कुल्लू जिले के शमशी में मक्का की फसल पर आधारित एक कार्यशाला का आज श्भारम्भ किया

उन्होंने बताया कि प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों को अनुसंधान कार्यो के लिए केन्द्र से पर्याप्त बजट का प्रावधान करवाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे विधायक सुरेन्द्र शौरी और जवाहर ठाक्र भी इस दौरान मौजूद रहे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कॉलेज विद्यार्थियों से देश व समाज के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करने का आहवान किया है ऊना ज़िले में राजकीय महाविद्यालय बीटन के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भारत का पुराना वैभव पुनः पाने और देश को ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र योजना के तहत आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी जिनमें बच्चों को सभी सुविधाएं निशुल्क दी जाएंगी ये स्कूल उन क्षेत्रों में ही स्थापित होंगे जहां नवोदय या एकलव्य विद्यालय नहीं हैं बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि कांगड़ा ज़िले में परागप्र के धरोहर गांव गरली को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा गरली में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस गांव में खण्डहर होते ऐतिहासिक भवनों व अन्य स्थलों का जीर्णोद्वार कर इन्हें दोबारा विकसित करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा बिक्रम ठाक्र ने कहा कि जसवां परागपुर क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए जन सहयोग बेहद ज़रूरी है सम्मेलन इंडियन मैडिकल एसोसिएशन की हिमाचल इकाई का राज्यस्तरीय सम्मेलन पालमपुर में आयोजित किया गया इसके श्भारम्भ पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुद्रढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा व मानकों में प्रदेश देश में काफी ऊपर है जो चिकित्सकों की कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाया है सांसद शांता कुमार ने गरीब आदमी को जैनरिक दवाई उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाने के लिए मैडिकल एसोसिएशन को सरकार को सुझाव देने की सलाह दी इस दो दिवसीय सम्मेलन में प्रदेशभर से करीब दो सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया क्रिकेट राज्यपाल शिमला के समीप भराड़ी में मुख्यमंत्री एकादश व प्रैस एकादश के बीच टी ट्वैंटी क्रिकेट मैच का राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज शभारम्भ किया खेल सामाजिक व सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित इस मुकाबले में मुख्यमंत्री एकादश टीम के कप्तान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भी मौजूद रहे राज्यपाल ने कहा कि ऐसी खेल गतिविधियां आपसी सौहार्द के साथ साथ परस्पर मेलजोल बढाने में भी सहायक होती हैं आचार्य देवव्रत ने कहा कि सकारात्मक सोच से स्वस्थ दिमाग विकसित होता है जबकि नकारात्मकता अनेक बीमारियों को आमंत्रित करती है विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज विधायकगण मुख्य सचिव विनीत चौधरी पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे

इस अग्निकाण्ड में स्कूल का सारा रिकॉर्ड भी जल जाने की सूचना है पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी रूक रूक कर हल्की वर्षा हो रही है जिससे तापमान में गिरावट आई है

इसी तरह कांगड़ा सोलन सिरमौर के कुछ अन्य भागों में भी छिटपुट वर्षा का समाचार है